प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर सेना के जवानों का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया है पटना के गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली में बिहार के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे देश विरोधियों का फायदा हो रहा है

ऐसे समय में देश के भीतर ही कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं देश की आवाज को हमारी सेना के हाँसलों को बुलंद करने की बजाय पाकिस्तान में टीवी पर उनकी बातें उनकी तस्वीरें दिखा दिखाकर पाकिस्तान में तालियां बज रही है श्री मोदी ने पुलवामा आतंकवादी हमले के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि समूचा राष्ट्र जवानों के परिवारों के साथ है मैं शहीद पिन्टु कुमार सिंह पुलवामा में शहीद संजय सिन्हा और शहीद रतन ठाकुर सहित बिहार के उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किये है शहीदों के परिवारजनों के साथ पूरा देश खड़ा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और बिचौलियों को खत्म करने पर लोग उन्हे गालियां दे रहे हैं

ये बिहार के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं अब बिचौलियों से मुक्त सीधे बैंक खाते में पैसा जमा करने वाली ये प्रभावी योजना एनडीए सरकार ने आपके इस चौकीदार ने शुरू की है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र और बिहार सरकार राज्य के विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं बाईट जिस राज्य में इतनी प्रतिभा हो जहां के नौजवानों में इतना सामर्थ्य हो जो देश की व्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीति तक अपना सकारात्मक प्रभाव दिखा रहा हो उस बिहार को एक भवर से निकालने का काम और यहां की एनडीए की पूरी टीम ने एक अदभुत काम किया है बिहार में एनडीए और केन्द्र में भी एनडीए होने की वजह से आज यहां विकास की रफ्तार को नई तेजी मिली है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सउदी अरब ने किसी भी देश के लिए हज का कोटा नहीं बढ़ाया लेकिन भारत के अनुरोध पर हज कोटे को बढ़ा कर दो लाख कर दिया गया है उन्होंने कहा कि सउदी अरब ने अपनी जेलों में कैद साढे आठ सौ भारतीयों को भी रिहा करने का फैसला किया है एनडीए की रैली को संबोधित करते हुए जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास के बारे में प्रधानमंत्री के उद्देश्य की सराहना की

हम लोगों की प्रतिबद्धता है न्याय के साथ विकास के प्रति और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के हर तबके का विकास और हर इलाके का विकास लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने केन्द्र में स्थिरता और कल्याण केन्द्रित छवि वाली सरकार के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की

आपने पांच साल में करके दिखा दिया एक परिवार को रहने के लिए घर चाहिए छत चाहिए और अभी तक जो है डेढ़ करोड़ घर गरीब को दिया जा चुका

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रामकृपाल यादव जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी लोगों को संबोधित किया जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह का आज बेगूसराय के बखरी प्रखंड के ध्यानचक्की गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इस अवसर पर सीआरपीएफ के जवानों ने उनके पार्थिव शरीर को सलामी दी इससे पूर्व सेना के हेलीकाप्टर से शहीद अधिकारी के पार्थिव शरीर को बेगूसराय लाया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इंस्पेक्टर की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण प्रदेश में अगले दो दिनों तक तेज आंधी के साथ बारिश की सम्भावना है मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस दौरान हवा की रफ्तार तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान पश्चिम और उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों के तापमान में कमी आयी है आज राजधानी पटना सहित वैशाली समस्तीपुर और भोजपुर जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल पटना में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गयी है बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव में सीट चयन पर चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी चालीस सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति भी बनाई जायेगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाशिवरात्रि के अवसर पर कल इस बार के कुंभ का अंतिम शाही स्नान होगा प्रशासन की ओर से इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं अब तक बाईस करोड़ से अधिक श्रद्वालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं विश्व के सबसे विशाल धार्मिक आयोजनों में से एक कुंभ मेला इस वर्ष पंद्रह जनवरी को मकरसंक्रांति पर शुरू हुआ था रेल पटरियों पर चल रहे तकनीकी कार्यों के कारण झाझा पटना दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर चलने वाली ट्रेनें कल तक परिवर्तित मार्ग से चलेंगी पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि अप और डाउन ब्रह्मपुत्र मेल विक्रमशीला एक्सप्रेस समेत चौदह ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है वैशाली जिले के राजापाकड़ थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी वहीं भागलपुर जिले में जीरोमाइल थाना क्षेत्र के रानीतालाब गांव के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अस्सी पर ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई नगर परिषद शेखपुरा के पंद्रह हजार घरों से आगामी आठ मार्च से कचरा उठाने का काम प्रारम्भ किया जाएगा बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफफरपुर के स्नातक पार्ट टू की परीक्षा के लिए तेरह मार्च तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं शेखपुरा में आयोजित पहली श्यामा देवी मेमोरियल महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में मुंगेर की टीम ने बोकारो को एक गोल से हरा दिया